प्रधानमंत्री ने वचुर्अल माध्यम से वाराणसी के कोविड टीकाकरण अभियान को लाभार्थियों और स्वास्थ्यकर्मियों से बातचीत के दौरान यह बात कही श्री मोदी ने लाभार्थियों और भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए कोविड टीकाकरण कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड योद्वाओं ने महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में खुद टीके लगवाकर निर्णायक कदम उठाया है श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीका लगवाने का कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वे बिना किसी भय के अपना काम कर सकेंगे श्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति देना राजनीतिक फैसला नहीं है बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ कई दौर के विचार विमर्श के बाद यह फैसला किया गया है प्रधानमंत्री से बातचीत में लाभार्थियों ने कहा कि टीका लगवाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है कोरोना टीका देश में अब तक दस लाख तिरालीस हजार से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में टीकाकरण अभियान शुरू होने के छह दिन के अंदर ही दस लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड टीके लगाये जा चुके हैं देश में कोरोना से ठीक होने की दर छियानवे दशमलव सात आठ प्रतिशत हो गई है अब तक एक करोड़ दो लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जायेगा इन टीकों के बारे में भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि अतीत में चेचक और पोलियो जैसी विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन में टीकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीकों के बारे में गलत सूचना फैलाई जा रही है जिसकी वजह से कुछ लोगों में इस टीके को लेकर झिझक पैदा हो रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं

इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों में गिरफ्तारियां दीं राजधानी रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने गिरफ्तारी दी मिली जानकारी के अनुसार धान खरीदी में अव्यवस्था और किसानों के मुद्दों को लेकर भाजपा ने प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन में एकत्रित पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार को नींद से जगाने एकत्रित हुए हैं कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है उन्होंने कहा कि मण्डी टैक्स बढ़ाने वाली राज्य सरकार को नौ हजार करोड़ रूपये का हिसाब देना होगा वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ गिरफ्तारी देने आए हैं राज्य सरकार बहानेबाजी छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें इस बीच रायपुर कलेक्टोरेट का घेराव करने निकले भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सप्रे शाला के पास ही रोक लिया इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भाजपा के सह प्रभारी नितिन नबीन संगठन महामंत्री पवन साय पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और पार्टी के शहर अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया उधर बिलासपुर में कलेक्टोरेट का घेराव करने निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही रोक लिया इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई इसके बाद नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल समेत कई विधायकों और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दीं

इस मौके पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दीं वहीं जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टोरेट का धेराव करने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीटीआई चौक पर रोक दिया इस दौरान सांसद गुहाराम अजगले और प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दीं इसके अलावा कोरिया महासमुंद बीजापुर और दुर्ग सहित राज्य के अन्य जिलों में भी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपनी गिरफ्तारियां दीं दूसरी ओर कांग्रेस ने आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए आंदोलन को असफल बताते हुए कहा है कि किसानों के नाम पर भाजपा द्वारा किए गए आंदोलन को किसानों ने ही नकार दिया है प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा कि किसानों ने भाजपा के आंदोलन से दूरी बनाकर यह बता दिया कि उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों से राज्य के किसान सहमत नहीं है यात्री वाहन जीपीएस सिस्टम प्रदेश में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन लगाया जाएगा परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज एक पत्रकारवार्ता में बताया कि वाहनों की निगरानी के लिए ट्रैकिंग डिवाइस और कमांड सेंटर बनाया जाएगा जिसकी लागत करीब साढ़े पंद्रह करोड़ रूपये होगी इसका साठ प्रतिशत कोन्द्र और चालीस प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी कोन्द्र सरकार ने इसके लिए निर्भया फंड से चार करोड़ उन्नीस लाख रूपये जारी किए हैं उन्होंने बताया कि इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी श्री अकबर ने बताया कि जीपीएस सिस्टम के लिए राज्य सरकार ने छह करोड़ सोलह लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा है मुख्य सविच की अध्यक्षता में अभी हाल ही में हुई इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में इस परियोजना का नीतिगत अनुमोदन किया जा चुका है परिवहन मंत्री ने बताया कि जीपीएस और पैनिक सिस्टम से तीन तरह के यात्री वाहनों को छूट रहेगी इसमें दोपहिया ई रिक्शा और आटो रिक्शा शामिल हैं इसके अतिरिक्त सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में यह दोनों सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा उन्होंने बताया कि वाहनों में लगे जीपीएस के बंद होने की सूचना कमांड सेंटर को मिलेगी

राज्य निर्माण के बीस वर्ष में इस साल सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड बना है इस वर्ष धान खरीदी के इस सीजन में कल इक्कीस जनवरी तक चौरासी लाख चवालीस हजार मीटरिक टन धान की खरीदी हो चुकी थी जो बीते वर्ष राज्य में खरीदे गए तिरासी लाख चौरानवे हजार मीटरिक टन से पचास हजार मीटरिक टन अधिक है जबकि धान खरीदी के लिए अभी दस दिन बाकी है मुख्यमंत्री फ्रोजन फूड प्रोडक्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर से छत्तीसगढ़ के खाद्य प्रोसेसिंग उद्योग द्वारा निर्मित फ्रोजन फूड प्रोडक्ट गोल्ड की विदेश में जाने वाली पहली कंसाइनमेंट को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का स्वाद अब विदेशों में भी चखा जाएगा उन्होंने कहा कि इसकी शुरूआत कोरोना संकट काल में हुई थी और इतने कम समय में एक नया उत्पाद छत्तीसगढ़ से देश के बाहर न्यूजीलैंड भेजा जा रहा है जो गर्व की बात है इससे छत्तीसगढ़ का नाम देश विदेश में रौशन होगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें अपना श्रद्वासुमन अर्पित करते हुए कहा कि नेताजी ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और अमूल्य योगदान के लिए नेताजी सदा याद किए जाएंगे नेताजी की एक सौ पच्चीसवीं जयंती को कल पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा इस अवसर पर राजधानी सहित प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम होंगे राजधानी के तेलीबांधा चौक में स्थित नेताजी की प्रतिमा पर कल श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे नेताजी सुंभाषचंद्र बोस की जयंती पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी नई दिल्ली द्वारा एक विशेष कार्यक्रम नेताजी पराक्रम गाथा तैयार किया गया है इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल सुबह नौ बजे से किया जाएगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे गणतंत्र दिवस झांकी गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर निकलने वाली राज्यों की झांकियों का आज नई दिल्ली की राष्ट्रीय रंगशाला में प्रेस प्रीव्यू आयोजित किया गया इस दौरान छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्यों पर आधारित झांकी को राष्ट्रीय मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया इस दौरान राज्य के लोक कलाकारों ने मांदरी नृत्य का प्रदर्शन किया गौरतलब है कि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव दिखेगा राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की जा रही इस झांकी में छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर से लेकर उत्तर में स्थित सरगुजा तक विभिन्न अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्य शामिल किए गए हैं डीजीपी कार्रवाई पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बेमेतरा जिले में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद नवागढ़ टीआई अंबर सिंह भारद्वाज को निलंबित कर दिया है साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल बैस और एसडीओपी राजीव शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है साथ ही श्री अवस्थी ने दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं श्री अवस्थी ने कहा है कि प्रदेश में कहीं भी शराब की अवैध बिक्री परिवहन और तस्करी होने पर सीधे टीआई जिम्मेदार होंगे

सुनवाई के दौरान सत्ताईस प्रकरण रखे गए थे जिनमे से सोलह प्रकरणों की सुनवाई कर उसे नस्तीबद्ध किया गया स्वच्छता पखवाडा रीजनल आउटरीच ब्यूरो आरओबी रायपूर में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान आज दो स्वच्छता सेवी इंदिरा सोनकर और सुरेश दीवान का सम्मान किया गया आरओबी और पीआईबी के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने कार्यालय परिसर में इन दोनों स्वच्छता सेवियों को पृष्पगुच्छ और उपहार भेंट कर सम्मानित किया साथ ही स्वच्छता को लेकर उनकी सेवा और योगदान की सराहना की पखवाड़े के दौरान आरओबी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जागरूकता संचार के लिए निःशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है प्रतियोगिता स्वच्छता विषय पर कविता या स्लोगन के रूप में रखी गई है प्रतिभागी आज से अट्ठाईस जनवरी तक अपनी प्रविष्टि भेज सकते हैं नगरीय निकाय निर्वाचन तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव और उपचुनाव कराए जाने के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है इसके अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार करने का काम आगामी पच्चीस जनवरी से शुरू होगा इसका प्रारंभिक प्रकाशन दावे और आपत्तियां प्राप्त करने का कार्य एक मार्च को तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन छब्बीस मार्च को होगा माओवादी समाचार बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों की टीम ने दो आईईडी बरामद किए हैं जिसे मौके पर ही बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी कोबरा बटालियन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम तर्रेम थाना से तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान तर्रेम और सिलगेर के बीच सड़क पर माओवादियों द्वारा लगाए गए दो विस्फोटकों को बरामद किया गया उधर सुकमा जिले में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने इंजरम के बेलपोच्चा इलाके से एक माओवादी को गिरफ्तार किया है मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान राज्य सरकार ने मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की सफलता के बाद अब प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया है इसके तहत बीते पंद्रह दिसंबर से बीस जनवरी दो हजार इक्कीस तक बस्तर संभाग के उनतीस विकासखंडों में अभियान का तीसरा चरण और सरगुजा संभाग के छब्बीस विकासखंडों में पहला चरण संचालित किया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत बस्तर संभाग में तीसरे चरण में स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमलों द्वारा सात जिलों बस्तर दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर नारायणपुर कोंडागांव और कांकेर में दस लाख संतावन हजार से अधिक लोगों की जांच की गई इस दौरान पॉजीटिव पाए गए करीब पंद्रह हजार मरीजों का तत्काल इलाज शुरू किया गया

पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के ब्याज दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है

निकायों को राशि जारी होने से प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को गति मिलेगी दुर्ग जिले में आज दो नगरीय निकाय के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे को भिलाई नगर निगम का प्रशासक नियुक्त किया गया है कोरिया कलेक्टर ने जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत जिला चिकित्सालय के नये भवन निर्माण के लिए पैंतीस करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है उज्जवला गृह बिलासपुर के संचालक को दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है खाद्य विभाग ने आज राजधानी रायपुर के कई इलाकों में छापामार कार्रवाई कर करीब सोलह सौ नग सिलेंडर और छब्बीस हजार लीटर बायो डीजल जब्त किया है कोंडागांव जिले में माकड़ी ब्लॉक के ओडार गांव में आज एक ही परिवार के दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई राजनांदगांव में गोधन न्याय योजना के तहत संचालित बारह में से आठ केन्द्र के बंद हो जाने के बाद आक्रोशित पशुपालकों ने सड़क पर गोबर फेंककर विरोध प्रदर्शन किया बालोद जिले के दल्लीराजहरा में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की मांग को लेकर भाजपा ने गुरूवार को एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया